सत्ताईस जिलों के तिरपन विकासखंडों की चार हजार दो सौ नवासी ग्राम पंचायतों में डाले जाएंगे वोट

पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए कल मतदान होगा मतदान की सभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं सभी मतदान दलों को सामग्रियों के साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है इस चरण में करीब तिरपन लाख उनहत्तर हजार मतदाता उनतालीस हजार दो सौ इंक्यावन पंचायत प्रतिनिधियों के पदों पर होने वाले चुनाव के लिए मतदान कर सकेंगे तीसरे चरण के चुनाव में एक लाख आठ हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं इसके लिए दस हजार आठ सौ पांच मतदान केन्द्र बनाए गए हैं तीसरे चरण में सत्ताईस जिलों के तिरपन विकासखंडों की चार हजार दो सौ नवासी ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुबह छह बजकर पैंतालीस मिनट से दोपहर दो बजे तक वोट डाले जाएंगे वहीं सामान्य क्षेत्रों में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा गौरतलब है कि तीसरे चरण में चौबीस हजार नौ सौ बासठ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है जवान फायरिंग मौत जवान बीजापुर जिले के फरसेगड़ में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान ने आपसी विवाद के बाद अपने साथी जवानों पर गोली चला दी इस हमले में एक जवान की मौत हो गई जबकि दो अन्य जवान घायल हो गए हैं घायल जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने बताया कि आरोपी जवान ने साथियों पर गोली चलाने के बाद आत्महत्या की कोशिश की

उधर दंतेवाड़ा जिले के पटेलपारा इलाके में मतदान दल की सुरक्षा में लगा एक जवान विस्फोट की चपेट में आने से घायल हो गया अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह घटना उस समय हुई जब पंचायत चुनाव संपन्न कराने के बाद मतदान दल मुख्यालय की ओर लौट रहा था घायल जवान को हेलीकॉप्टर से जगदलपुर लाया गया है वहीं कांकेर जिले के बड़तेवरा इलाके में तलाशी अभियान पर निकले बीएसएफ और जिला पुलिस बल के संयुक्त दल का एक जवान माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी विस्फोट में घायल हो गया कोरोना वायरस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी को कुछ सामान्य उपायों का पालन अवश्य करना चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से अलग अलग तरह के संक्रमण फैलते हैं जब इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति खांसता है तो उसके पास मौजूद व्यक्ति को भी संक्रमण हो सकता है डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि किसी मरीज को खांसी हो तो उसे संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने मुंह पर रूमाल रखना चाहिए इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति को अन्य सावधानियां भी बरतनी चाहिए

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई के बाजार चौक पर स्थापित स्वर्गीय चंद्रलाल चंद्राकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री चंद्राकर ने अपने प्रखर व्यक्तित्व और निर्भीक पत्रकारिता से देशभर में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन किया

केन्द्र द्वारा वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों की प्रदेश के किसानों ने विशेष रूप से सराहना की है बस्तर जिले के किसान प्रशांत आचार्य ने कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्र के किसानों के लिए इस बार का बजट काफी मददगार साबित होने वाला है

इनसे आने वाले समय में किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल संसद में वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए केंद्रीय बजट पेश किया इस बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही लंबी अवधि तक प्रभाव डालने वाले अनेक सुधारों की घोषणा की गई है बजट के संबंध में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर आरके ब्रम्हे से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा

भिलाई मैराथन भिलाई में आज थैंक्यू भिलाई कार्यक्रम के तहत हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया यह दौड़ सुबह आठ बजे नेहरू नगर गुरूद्वारा से शुरू हुई इस दौड़ में महापौर देवेन्द्र यादव और पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय सहित अनेक खिलाड़ी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए हाफ मैराथन के दौरान युवाओं ने स्केटिंग के साथ ही मोटरसाइकिल में कलाबाजी का प्रदर्शन किया कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में भिलाई का नाम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रौशन करने वाली हस्तियों का सम्मान किया गया

रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार करीब हफ्तेभर के अंतराल के बाद प्रदेश के सरगुजा और बिलासपुर संभाग में फिर से शीतलहर चल रही है वहीं रायपुर और बस्तर संभाग में भी न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी आई है हमारे अंबिकापुर संवाददाता ने बताया है कि सरगुजा जिले में उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है कल अंबिकापुर शहर का न्यूनतम तापमान छह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस था वहीं मैनपाट में तापमान तीन दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अगले एक दो दिनों तक ठंड का असर बने रहने की संभावना है संक्षिप्त समाचार राज्य स्तरीय आकलन परीक्षा के लिए पहली से आठवीं कक्षा तक की समय सारिणी घोषित कर दी गई है इसके अुनसार पहले चरण का आकलन दस से पंद्रह फरवरी तक और दूसरे चरण का आकलन तेईस से अट्ठाईस मार्च तक किया जाएगा बीजापुर पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में राजनांदगांव से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है इसके अलावा मानव तस्करी की शिकार दो बालिकाओं को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है बलरामपुर जिले में धान खरीदी के दौरान बिचौलियों को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है कलेक्टर संजीव कुमार झा ने नोडल अधिकारी को जिले के सभी धान खरीदी केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करने को कहा है राष्ट्रीय कैंसर दिवस पर आगामी चार फरवरी को बिलासपुर में निःशुल्क जांच शिविर लगाया जाएगा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर के जरिये लोगों को कैंसर से बचाव के उपाए भी बताए जाएंगे जांजगीर चांपा जिले के सक्ती पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री की रकम में पचास लाख रूपये का घोटाला करने के मामले में चार उप पंजीयक और एक भृत्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है बलरामपुर में लेदो पुल के पास बीती रात कार के अनियंत्रित होकर पलट जाने से वाहन चालक की मौत हो गई इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है जांजगीर के सक्ती हरेठी मोड़ के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गड्डे में गिर गई इस हादसे में इस व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया और जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा कल तीन फरवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा